ये हैं मनरेगा शहरी तथा ग्रामीण स्वास्थ्य शिक्षा कारोबार कंपनी अधिनियम को गैर आपराधिक बनाने कारोबार सुगमता सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों से संबंधित नीति राज्य सरकार और उनसे संबंधित संसाधन

मनरेगा योजना के तहत चालीस हजार करोड रुपये और दिए जाएंगे

अच्छी खबर का प्रसारण हर रविवार को किया जाता है